सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार में दरभंगा और उत्तर प्रदेश के बांदा में जनसभा को सम्बोधित किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध लंका गेट से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड़ शो शुरू किया जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा उधर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने जालौन में चुनाव प्रचार किया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज देशभर में अलग अलग जगहों पर रैलियों को संबोधित किया बहजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और कन्नौज में जनसभा को संबोधित किया मतगणना प्रशिक्षण लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए देहरादून में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया प्रशिक्षण के दौरान मतगणना के लिए की जाने वाली तैयारियों कानूनी प्रावधान मतगणना और मतगणना के बाद के प्रावधानों के विषय में विस्तार से जानकारी दी गयी इसे मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने प्रदेश की जनता और निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए बधाई दी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर एआरओ डीएलएमटी और डीआईओ ने प्रतिभाग किया राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अगले साल से सामाजिक विषयों और लोक भाषाओं के क्षेत्र में किये जाने वाले शोध कार्यो के लिए दो नये पुरस्कार जोड़ने की घोषणा की है

उन्होंने कहा कि ग्णवत्तायुक्त मौलिक शोध कार्य किसी भी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा मानक होते हैं विश्वविद्यालयों में समाज की विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों के समाधान के लिए अध्ययन और शोध किया जाना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड के संदर्भ में पर्वतीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास पयर्टन आपदा प्रबंधन योग आयुर्वेद और जड़ी बूटी के क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक शोध पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए इस वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े तीन शोध विषयों को पुरस्कार प्रदान किये गए उत्तराखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय के डॉ अनुज नेहरा को ग्राफीन आक्साइड पॉली कार्बोनेट पर आधारित रैपिड एचआईवीसीरम टेस्टिंग किट विकसित करने के लिए पहला पुरस्कार मिला है अनुज के इस कार्य को इण्डो अमेरिका पेटेंट भी मिला है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डॉ अनिल कुमार को ब्रैसिका स्पेसीज में अल्टरनारिया ब्लाइट डिजीज के क्षेत्र में किये गये कार्य के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला दून विश्वविद्यालय के डॉ कोमल को फंजी लैम्डा टाउ टेक्नीक के क्षेत्र में किये गये कार्य के लिए तृतीय पुरस्कार मिला फसल बर्बाद बागेश्वर जिले में ओलावृष्टि और बारिश से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है सर्दियों में अच्छी बारिश होने के कारण इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले बेहतर फसल हई थी अप्रैल में गेहूं की फसल पकने लगी है घाटी वाले क्षेत्र में फसल तैयार है लेकिन पिछले दिनों मौसम ने करवट बदली दुग नाकुरी तहसील में बारिश और ओलावृष्टि हुई इससे गेहूं की फसल पूरी तरह चौपट हो गई क्षेत्र में नारंगी और नींबू का भी अच्छा उत्पादन होता है ओलों की मार से ये भी नेष्ट हो गये हैं इसके साथ ही आम की बौर और खेतों में हो रही सब्जियां को भी नुकसान पहुंचा है कृषि विभाग ने फसलों के नुकसान के आकलन के बाद किसानों को फसल बीमा योजना के तहत उचित मुआवजा देने की बात कही है

उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना सहित कई लोगों ने देहरादून में स्वर्गीय बहुगुणा की प्रतिमा पर मालार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा का देश की स्वतंत्रता के लिए बड़ा योगदान रहा है

स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि उनके पिता कहते थे कि राजनीति सेवा का जरिया है

इस मौके पर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य राज्य में साइकिलिंग और बाइकिंग क्षेत्र की सम्भावनाओं को निखारना है उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन से राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विशिष्ट पहचान मिलेगी अब तक इस रेस में सबसे आगे चल रहे प्रतिभागी ईरान के परवीज मरदानी और नेपाल की लक्ष्मी मगर ने कहा कि माउटेन बाइकिंग के लिए उत्तराखण्ड सबसे बेहतर जगह है यहां की भौगोलिक और प्राकृतिक सुन्दरता इसे दूसरी जगहों से अलग करती है इससे पहले बुधवार देर शाम चिन्यालीसौड़ गंगा बीच पर प्रतिभागियों के लिए भव्य गंगा आरती के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया मूल्यांकन प्रदेश में इन दिनों उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है

मूल्यांकन को निष्पक्ष सम्पन्न करने के लिए पर्यवेक्षक और अंकेक्षक को नियुक्त किया गया है संक्षिप्त समाचार मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में कुछ जगह खासकर हरिद्वार देहरादून पौड़ी उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग और पिर्थोरागढ़ जिलों में कहीं कहीं अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है रुड़की हरिद्वार और चकराता में कहीं कहीं अंधड़ के साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना है चमोली जिले में देश के आखिरी गांव माणा में हुए अतिक्रमण को जिला अधिकारी स्वाती एस भदौरिया ने तत्काल ध्वस्त करने के निर्देश दिए है